इस अवसर पर श्री मोदी ने आईटीबीपी के जवानों स्कूली बच्चों द्ग्ध और कृषि सहकारी सदस्यों अध्यात्मिक नेताओं सदग्रू जग्गी वास्देव अभिनेता अमिताभ बच्चन उद्योगपति रतन टाटा और स्वच्छता कर्मियों से बातचीत की श्रीमोदी ने कहा कि स्वच्छता एक आदत है इसे रोज़मरा में शामिल किया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि स्वचछता आंदोलन जो चार वर्ष पूर्व श्रू ह्आ था अब एक महत्वपूर्ण चरण तक पहृंच च्का है

उन्होंने कहा कि समाज का हर श्रेणी का व्यक्ति इस अभियान से ज्ड़ा हुआ है ग्जरात की सहकारी सोसायटी की महिला सदस्यों से बातचीत करते हुए श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत की नारी शक्ति स्वच्छ भारत अभियान में विशाल है उन्होंने कहा कि ये अभियान बाप् गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को पुरा करेगा प्रधानमंत्री ने आज स्वच्छता ही सेवा म्हिम कार्यक्रम के दौरान रेवाड़ी के गैंगमेन राजेश से बात करते हए रेलवे की स्वच्छता पर संत्ष्टता जाहिर करते हुए कहा कि चार वर्ष पूर्व रेलवे स्टेशन व रेलगाडियों में सफाई का ब्रा हाल था लेकिन अब गंदगी को भगाया जा च्का है प्रधानमंत्री ने कहा कि यहां के लोगों को पराली के खिलाफ म्हिम चलाकर इसे भी द्र भगाना केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज फरीदाबाद में प्रानी अनाज मंडी में आयोजित कार्यक्रम में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा अभियान का श्भारंभ किया ये पखवाड़ा दो अक्तूबर तक पूरे देश में चलाया जायेगा उन्होंने कहा कि हरियाणा से विशेष लगाव के कारण ही उन्होंने स्वच्छता कार्यक्रम की श्रूआत के लिए फरीदाबाद जिले का चयन कयिा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश की आज़ादी के लिए जिस तरह सत्याग्रह चलाया था उसी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छता अभियान को सवा सौ करोड़ लोगों का जन अभियान बना दिया है कृषि विकास मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने जिला अम्बाला के गांव हडबौन के राजकीय प्राथमिक पाठशाला से स्वच्छता पखवाड़े का श्भारंभ किया उन्होंने ग्रामीणों के साथ प्रधानमंत्री नरेनद्र मोदी का स्वच्छता ही सेवा पर दिया गया संदेश भी एलईडी पर लाईव देखा प्रधानमंत्री ने जिन लोगों के साथ संवाद किया उनमें विद्यार्थी जवान धर्मग्रू द्ग्ध एवं कृषि सहकारी समितियों के सदस्य पत्रकार स्थानीय सरकारी प्रतिनिधिगण रेलवे कर्मचारी स्वयं सहायता समूह स्वच्छाग्रही इत्यादि शामिल रहे स्वच्छता की सेवा कार्यक्रम के तहत सोनीपत जिले में स्वच्छता अभियान उपाय्क्त मंदीप कौर ने गांव थाना कलां के लोगों के साथ मिलकर चलाया स्वच्छता पखवाड़े का ये दो अक्तूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर संपन्न होगा सिरसा जिले के गांव रघ्आना के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में स्वच्छता ही सेवा अभियान के मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त आमन्ना तस्मीन ने बताया कि ये अभियान पूरे भारत के कोने कोन में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाएगा केन्द्र सरकार ने चालू वित्तीय घाटे और रूपये की गिरावट पर निगरानी रखने के लिए कुछ कदम उठाने की घोषणा की है इसमें मसाला बोंडस पर कर पर लगी रोक को हटाना शामिल है इसके अलावा विदेशी प्ंजीकरण में सरलता और अनावश्यक आयात पर रोक लगाई जायेगी ये निर्णय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में लिए गए केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि सम्बधित मंत्रालय से विचार विर्मश करके क्छ वस्त्ओं की आयात पर कटौती करने का फैसला लिया जायेगा

हरियाणा प्लिस महानिदेशक श्री बीएस सन्ध्य ने कहा है कि विज़न अन्रूप हरियाणा के सभी जिलों में खोले गए प्लिस पब्लिक स्कूल मॉडल को देशभर में लागू करने के लिए अन्य राज्य प्लिस बलों व राज्य प्लिस आवास निगमों द्वारा विचार किया जाएगा

उड़ीसा के राज्यपाल प्रो गणेशी लाल ने कहा है श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए य्वा वर्ग को उच्च आदर्शो व नैतिक मूल्यों से जोड़ना जरूरी है आज म्लाना विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीयसंगोष्ठी में राज्पाल ने कहा कि जीवन में धर्म द्वारा दिखाए गए अन्शासन और मानव सेवा सिद्वांत को अपनाने वाले नागरिक ही राष्ट्रभक्ति की भावना से ज्ड़ सकते है भारत की अमीर संस्कृति और परम्पराओं का जिक्र करते हए गणेशी लाल ने कहा कि ये राष्ट्र आदिकाल से ही शिक्षा व अध्यात्म के क्षेत्र में विश्व ग्रू रहा है उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकांनंद ने भी विश्व स्तर के मंच पर भारत की इसी संस्कृति का परिचय दिया था राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत आयुष विभाग अम्बाला द्वारा आयुवेद अधिकारी डॉ सतपाल सिंह ने आय्ष विंग का श्भारंभ किया इसमें माताओं को पौष्टिक भोजन का महत्व समझाया गया घर में प्रयोग की जाने वाले अन्य द्रव्यों व मसालों से सम्यक प्रयोग करके कुपोषण दूर करने के उपाय बताए गए

भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी की रोहतक में संपन्न हुई बैठक में वित मंत्री कैप्टन अभिमन्य् ने राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया भाजपा प्रदेशाध्यक्ष स्भाष बराला ने कहा कि इस प्रस्ताव के तहत हरियाणा में केंद्र व प्रदेश सरकार ने जो काम किए हैं उनके बारे में आम जनता को बताया जाएगा

हरियाणा के जन स्वास्थ्य मंत्री डॉ बनवारी लाल ने आज पृथला विधानसभा क्षेत्र के गांव द्धौला में सब बूस्टर का शिलान्यास किया इस मौके पर विधानसभा के विधायक टेक चंद शर्मा भी मौजूद थे